शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले महेश्वर से विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ ने शपथ ग्रहण की इसके बाद सोनकच्छ से विधायक सज्जन सिंह वर्मा शाजापुर से विधायक हुकुम सिंह कराड़ा भिण्ड जिले के लहार सीट से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह राजपुर विधानसभा क्षेत्र से बालाबच्चन ने शपथ ग्रहण की इसके बाद भोपाल उत्तर सीट से चुनकर आये पार्टी के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई पृथ्वीप्र से विधायक ब्रजेन्द्र सिंह राठोड़ भितरवार से विधायक लाखन सिंह यादव सांवेर से तुलसी सिलावट सागर जिले के सुरखी से गोविंद सिंह राजपुत डिंडोरी से ओंकार सिंह मरकाम रायसेन जिले के सांची से डॉ प्रभुराम चौधरी खिलचीपुर से प्रियवृत सिंह मुलताई से सुखदेव पांसे गंधवानी से उमंग श्रंगार सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हर्ष यादव को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है राऊ से विधायक जीतू पटवारी सिंहावल से कमलेश्वर पटेल जबलपुर पूर्व सीट से विधायक लखन घनगोरिया बमोरी सीट से महेन्द्र सिंह सिसोदिया भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से पीसी शर्मा ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर कुक्षी सीट से विधायक सुरेन्द्र सिंह बघेल और जबलपुर से तरूण भानोत को मंत्री बनाया गया है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लम्बे रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया

इस अवसर पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे प्रधानमंत्री ने नए पुल के माध्यमम से डिब्रगढ से धीमाजी की यात्रा भी की उन्होंने पुल के ऊपर पहली यात्री रेल को भी हरी झंडी दिखायी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह महत्वपूर्ण पुल असम से अरूणाचल प्रदेश के कई जिलों की दूरी कम करेगा यह पुल अरूणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को असम से सड़क के साथ रेलमार्ग से भी जोड़ेगा बोगीबील पुल अरूणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के साथ रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा लगभग पांच हजार नौ सौ करोड़ रूपए की लागत से बने इस पुल की अवधि एक सौ बीस वर्ष है यह रेल संपर्क ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट और उत्तरी तट पर मौजूद दो रेल नेटवर्क को जोड़ता है

इससे यूरिया की आपूर्ति सुचारू हो सकेगी

इस अवसर पर प्रदेश में भी उनके कार्यो और व्यक्तित्व पर केन्द्रित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये वहीं प्रदेश में आज से सुशासन सप्ताह भी शुरू हो गया है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी मण्डल जिला और संभाग केन्द्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी द्वारा सुशासन की दिशा में किये गये कार्यो का स्मरण कर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये शिवपुरी में अटलबिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की याद में जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया वहीं खंडवा में अटल जी के जन्म दिवस पर स्थानीय भाजपा कार्यालय में एक संगोष्ठि का आयोजन किया गया सीहोर में लीसा टाकिज चौराहे पर नगरपालिका परिषद ने अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया भोपाल में अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का सातवां स्थापना दिवस भी आज मनाया जा रहा है इस मौके पर अटल जी की रचनाओं पर व्याख्यान का आयोजन किया गया तानसेन समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण महोत्सव तानसेन समारोह की शुरूआत आज ग्वालियर में पारंपरिक ढंग से हुई यह महोत्सव हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर सुबह परंपरागत ढंग से शहनाई वादन हरिकथा और मिलाद की तकरीर के साथ शुरू हुआ

किसमस किसमस का पर्व आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है

किसमस पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गिरजाघरों को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है बीती रात गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी किसमस का पर्व पारम्परिक तरिके से मनाया जा रहा है यहां विशेष प्रार्थना के बाद इसाई समुदायों के लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी वहीं सीहोर में भी किसमस का पर्व मनाया जा रहा है

इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग ढाई हजार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रिकेट खो खो और कराटे की प्रतियोगिताएं होगी

इंदौर में स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक मनीष वर्मा ने आयोजन की तैयारियों पर चर्चा करते हुए मीडिया से कहा कि विभाग ने सफल आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर ली